मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार से जोडने का कार्य कर रही है उन्होंने कहा कि लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं श्रू की है जिनका लाभ उन्हें मिल रहा है मुख्यमंत्री आज लखनऊ लोकभवन में कौशल विकास और व्यवसायिक शिक्षा पर आयोजित कौशल सतरंग कार्यक्रम में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद योजना से एक वर्ष में पांच लाख युवाओं को रोजगार से जोड़ने का कार्य किया गया है इस तरह की कई योजनाएं सरकार द्वारा संचालित की जा रही हैं

ये उत्तर प्रदेश की युवा ऊर्जा को उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ उसके आर्थिक स्वावलंबन के साथ जोड़ने की दिशा में एक अभिनव प्रयास है उत्तर प्रदेश के युवाओं के रोजगार के लिए अकेले वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की हमारी इस योजना ने एक वर्ष में यह हमारा तीसरा वर्ष है एक दर्ष में पांच लाख युवाओं को सीधे सीधे रोजगार के साथ और वित्तीय समादेशन के साथ जोड़ने का कार्य किया पूरे प्रदेश के अन्दर इसके बहुत अच्छे परिणाम दिखे और उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट भी इसके माध्यम से काफी आगे बढ़ा कौशल सतरंग कार्यकम का सजीव प्रसारण प्रदेश के विभिन्न जनपदों में काशल प्रशिक्षार्थियों ने देखा और इसे सराहा

संगठन के प्रमुख टेडरोस अधनॉम गेब्रेयेसस ने जिनेवा में संवाददाताओं को बताया कि इसके संक्रमण की तेजी और गंभीरता चिन्ताजनक है उन्होंने बीमारी से निपटने के लिए की जा रही कार्रवाई को अपर्याप्त बताया विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने आशंका व्यक्त की कि संक्रमित लोगों और बीमारी से मरने वालों की संख्या आने वाले समय में बढ सकती है किसी बीमारी को तब पैन्डेमिक यानी वैश्विक महामारी करार दिया जाता है जब यह कई देशों और महाद्वीपों में फैल जाती है विश्व के स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि किसी बीमारी को वैश्विक महामारी करार देने के गंभीर राजनीतिक और आर्थिक परिणाम हो सकते हैं

श्री संजीव कुमार ने बताया कि मंत्रिसमूह ने पूरे देश में किए जा रहे विभिन्न एहतियाती उपायों पर चर्चा की और कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए गये कदमों पर संतोष व्यक्त किया मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचाव के कई उपाय सुझाए हैं लोगों से कहा गया है कि वे बड़े समागमों से दूर रहें अगर किसी को खांसी या बुखार हो तो उसे दूसरों के निकट संपर्क में नहीं आना चाहिए लोगों को सलाह दी गई है कि वे हाथ धोये बिना अपनी आंख नाक या मुंह को न छुएं सार्वजनिक स्थानों पर न थूकने की सलाह दी गई है हाथों को साबुन या अल्कोहल युक्त रसायनों से धोने की सलाह दी गई है बुखार खांसी या सांस लेने में दिक्कत होने पर तत्काल डॉक्टर की सलाह लें

यह निर्णय कल से लागू हो जाएगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में मंत्रिसमूह की बैठक में यह निर्णय किया गया

किसी अपरिहार्य कारण से भारत यात्रा पर आने वाला विदेशी नागरिक नजदीकी भारतीय दूतावास से संपर्क कर सकता है संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतरश ने विश्व सरकारों से अपील की है कि अगर इस वायरस के फैलने की कोई भी आशंका दिखाई देती है तो उन्हें इस पर काबू पाने के उपाय तत्काल शुरू कर देने चाहिए केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डाक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा उठाये गये विभिन्न कदमों की जानकारी दी आज लोकसभा में इस मुद्दे पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने कहा कि शुरू में देश के सात प्रमुख हवाई अड्डों पर विदेशों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जांच की जा रही थी लेकिन अब तीस हवाई अड्डों पर सभी यात्रियों की विस्तृत जांच की जा रही है बाइट थर्मल स्क्रीनिंग होती है डिपेंडिंग अपॉन उसकी क्या हिस्ट्री है क्या उसके सिमटम्स हैं या थर्मल स्क्रीनिंग का क्या रिजल्ट है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको उसी समय उनको आइस्यूलेट कर दिया जाता है चाहे वो अस्पताल के अंदर किया जाये या दूसरे सिस्टम के अंदर लेकिन कुछ लोग हिस्ट्री या थर्मल स्क्रीनिंग या किसी भी कारण से जिनका थोड़ा सा भी सस्पीशन होता है उन लोगों की एक लिस्ट बनाई जाती है और जो हमारा दिल्ती में एनसीपीसी है वहां पर पूरे ऐसे पैसेंजर्स सारे देशभर के उनका कंप्यूटर्राइज्ड डाटा आता है डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी कहा कि स्थिति नियंत्रण में है उन्होंने लोगों में कोरोना वायरस को लेकर घबराहट दूर करने के लिए सभी मंत्रालया से सहयोग का आग्रह किया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

बाहर से आने वाले यात्रियों का हवाई अड्डों पर परीक्षण किया जा रहा है प्रदेश के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह ने बताया कि दश की नेपाल से लगी सीमा पर कोरोना वायरस को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है उन्होंने कहा कि अस्पतालों में आइसोलेटेड बेड्स की व्यवस्था की गई है

ये सभी जनपद चिकित्सालयों पर हैं

इस तरह की तैयारी हमारी आज के दिन है श्री सिंह ने बताया कि लखनऊ में मिले कोरोना वायरस प्रभावित मरीज को केजीएमयू में आइसोलेशन में रखा गया है

लोकसभा ने इसे पहले ही पारित कर दिया था राज्यसभा में आज वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने विधेयक पेश करते हुये कहा कि विकास की दुष्टि से मौजूदा परिस्थितियों में वर्तमान विधेयक में संशोधन आवश्यक है उन्होंने जोर देकर कहा कि विधेयक से पहले अध्यादेश लाना महत्वपूर्ण है ताकि अनावश्यक अंतराल न आये

श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकार मकान खरीदने वाले हर व्यक्ति के अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति वचनबद्ध है सूक्ष्म लघु और मझोले उद्यमों एमएसएमई का उल्लेख करते हुये उन्होंने कहा कि बैंकों से हितार्थियों का बकाया भुगतान किया जाये देश के सबसे बड़े ऋणदाता भारतीय स्टेट बैंक ने अपनी फंडिंग आधारित उधारी दरों में दस से पन्द्रह आधार अंकों की कटौती और सावधि जमा ब्याज दरें भो घटाने की घोषणा की है यह एक महीने में दूसरी और मौजूदा वित्त वर्ष में दसवीं कटौती है बैंक ने दो करोड़ रुपए से कम धनराशि की खुदरा अवधि जमा पर कुछ मामलों में दस से पचास आधार अंकों की कटौती की है बैंक के अनुसार आवासीय ऋणों और सावधि जमाओं की नई दरें दस मार्च से लागू हो गई हैं